मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है श्री मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के जरिये चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है बाइट शहरीकरण हो रहा है लेकिन इसके आफटर इफेक्टिव से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मांग और प्रर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है साथियों इस सोच से अलग आधुनिक सोच यह कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं एक ऐसा अवसर जिसमें हम इज ऑफ लिविंग का बढ़ा सकते हैं सोच का यह अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है श्रो मोदी ने कहा कि सरकार ने स्थानीय मांग स्थानीय उत्पादों को उच्च स्तर का बनाने को प्रोत्साहन देने मेक इन इंडिया के विस्तार और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है बाइट हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी कोई नेता कहीं वायदा कराता था कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी हमारी सरकार ने इस हेडोसिज्म से बाहर आ करके मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लाग भी किया श्री मोदी न कहा कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आज समय की मांग है प्रधानमंत्री ने कहा कि चालक रहित मेट्रो सेवा के परिचालन के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां ये सुविधा उपलब्ध है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिय सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि नये स्ट्रेन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाये और कोविड अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त बनाये रखे

उन्होंने कहा कि कोरोना के नये स्ट्रेन की जांच के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रपिड एनटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाये और आरटीपीसीआर टेस्ट को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाये मूख्यमंत्री ने लखनऊ में विशेष ध्यान देने और रिकवरी दर को बेहतर करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता से संचालित करे मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आरोग्य मेलों के आयोजन के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इन आरोग्य मेलों में लोगों को कुपाषण के संबंध में जागरूक किया जाये और कोरोना से बचाव की भी जानकारी दी जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रिटेन फ्रांस और अन्य देशों से आए सभी लोगों का पता लगाकर उनका आरटीपीसीआर परीक्षण करने का आदेश दिया साथ ही परिणाम आने तक उन्हें क्वारंटीन में रहने को कहा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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में नामित अधिकारियों को संबंधित जनपद के भ्रमण के दौरान विकास कार्यो की गहन मानीटरिंग करने के निर्देश दिये है

उन्होंने निर्देश दिया कि नोडल अधिकारी गन्ना क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करे और गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को मौके पर जाकर देखे मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों को सिंचाई व्यवस्था नहरों में पानी की उपलब्धता विद्यूत आपूर्ति और वरासत अभियान की प्रगति की समीक्षा के भी निर्देश दिये

मंत्रालय ने कल इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिये

इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों अपर पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों पुलिस उप महानिरीक्षकों तथा पुलिस आयुक्तों और जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए इन गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन कराने के लिये कहा गया है

लोगों से इस बात की अपील की जाये कि वे नव वर्ष का पर्व सार्वजनिक स्थलों पर न मनाकर अपने अपने घरों पर ही मनाये इसके अतिरिक्त नव वर्ष के पर्व को देखते हुए भड़काऊ और विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाहों की रोकथाम के लिये जनपद स्तर पर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाये

हापुड़ जनपद में पिलखुआ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में कार सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये दुर्घटना का कारण कोहरे के चलते कम दृश्यता बताया जा रहा है दुर्घटना करने वाले वाहन की शिनाख्त नहीं हो सकी